उन्होंने रक्षामंत्री से रोहतांग सुरंग के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि जनजातीय जिले लाहौल स्पिति के लिए हिमपात के दौरान भी उचित सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित की जा सके

जयराम ठाक्र ने रक्षामंत्री से लोगों की सुविधा के दृष्टिगत आवाजाही के लिए सड़क मार्ग के रूप में सुरंग का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का भी आग्रह किया इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से भी भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रसाद योजना के तहत चिंतपूर्णी योजना को जल्द मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया इसके अलावा उन्होंने वर्चुअल रियलिटी परियोजना और राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की मांग भी की सांसद रामस्वरूप शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे गोविंद वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग और आयुष की विभिन्न पद्वतियों को अपनाने का आहवान किया है सोलन में आज आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया अभियान में भी आयुर्वेद की अहम भूमिका है और इस पद्वति से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार वनों के संरक्षण पर जोर दे रही है ताकि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके गोविंद ठाक्र ने कहा कि सोलन में बच्चों के लिए खेल मैदान बनाने के लिए जिला प्रशासन को उचित स्थान चयनित करने के निर्देश दिए गए हैं सरवीण राज्य सरकार सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करेगी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने एक प्रैस बयान में कहा है कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी इंटेलीजेंट और बैरियर फ्री बस शैल्टर से सुसज्जित होगी

कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के पनापर खोली गांव में आज सड़क का भूमि पूजन करने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी विपिन परमार ने कहा कि अगले वर्ष जनवरी से मार्च तक प्रदेश में फिर से हिमकेयर कार्ड बनाए जाएंगे

ये जानकारी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मप्र और परवाणू में लोगों को संबोधित करते हए दी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा जल संरक्षण केन्द्र सरकार द्वारा देश में जल संरक्षण व इसके उचित प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल अवार्ड की शुरूआत की गई है